वे आज नई दिल्ली में ऊर्जा और पर्यावरण के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी में बोल रहे थे श्री कोविंद ने नीति निर्माताओं से कहा कि वे पर्यावरण से सबद्ध मुद्दों पर व्यावहारिक विचार सामने लेकर आएं राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार वहन करने योग्य दरों पर नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्व है इससे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉहर्षवर्धन ने सम्मेलन में कहा कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा को सबसे अधिक महत्व दे रही है क्योंकि टिकाऊ ऊर्जा के लिए इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है

उन्होंने कहा कि रक्षा सामग्री के निर्माण के मामले में भारत एक बड़ा बाजार है बंगलूरू के येलहंका वायुसेना केंद्र में एयरो इंडिया दो हजार उन्नीस के शुभारंभ के अवसर पर श्रीमती सीतारामन ने मेक इन इंडिया पर विशेष जोर दिया रक्षा मंत्री ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने सहित सरकार द्वारा की गई कई पहल का जिक्र किया रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षो के दौरान सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा उपकरण खरीदने के लिए निवेशकों ने भारत के व्यापारियों के साथ एक लाख सत्ताईस हजार पांच सौ करोड़ रूपये के डेढ़ सौ अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए इस अवसर पर केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभू ने बताया कि पिछले चार वर्षो में देश में विमानन क्षेत्र में बीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है

यह व्यवस्था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की ही भांति होगी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा

इनमें सोलह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपात कार्रवाई सहायता शामिल हैं इन राज्यों में उत्तर प्रदेष को भी षामिल किया गया है महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई इस प्रणाली के तहत मुसीबत में फंसा व्यक्ति एक एक दो नम्बर पर डायल कर सकता है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

नई दिल्ली में श्री नकवी नवगठित केन्द्रीय वक्फ परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने कहा कि प्रदेष के कई जिलों में औसत से कम मतदान होता है इस लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिषत बढ़ाना होगा श्री लू आज जौनप्र के वीर बहादुर पूर्वांचल विष्वविद्यालय में आयोजित एक मतदाता साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यदि मतदाता अज्ञानता और भ्रम के कारण गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं तो उनको जागरूक करने की जिम्मेदारी भी देषवासियों की है

वे बानबे वर्ष के थे और लम्बे समय से बीमार थे उनका इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में चल रहा था अंतिम संस्कार आज दिल्ली में किया जा रहा है नामवर सिंह का जन्म अट्ठाईस जुलाई उन्नीस सौ छब्बीस में वाराणसी के एक गांव में हुआ था हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर और पीएचडी करने के बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन आरंभ किया हिन्दी के शीर्षस्थ शोधकार समालोचक और निबंधकार के रूप में उनकी ख्याति बढ़ती गई और वे प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हो गए कविता के नए प्रतिमान के लिए उन्हें उन्नीस सौ इकहत्तर में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया

पुलिस सुत्रों ने बताया कि मरने वाले लोग एक भण्डारे में षामिल होकर लौट रहे थे तभी रामपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे एक वाहन ने उन्हें कुचल दिया